आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर हमेशा तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया श्री शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को जो देश की जनता को झिंकझोर कर रख देते हैं उसको आप सामान्य घटना मानते हैं क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती हैं इसका पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं इसकी स्पष्टता करनी चाहिए श्री अमित शाह ने कहा कि वायु सेना की कार्रवाई पर पित्रोदा का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला है

आज बिहार के पूर्णिया में एक रैली में श्री गांधी ने कहा कि किसानों को किसी चौकीदार की जरूरत नहीं होती

श्री राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर भी मोदी सरकार की आलोचना की

जिसमें पार्टी ने उत्तर प्रदेश के तीन उम्मीदवारों के नामों का भी एलान किया है कैराना सीट से पार्टो ने प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है

इसमें उत्तर प्रदेश से नौ उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं कांग्रेस ने प्रदेश की दो संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बदल दिये हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर को मुरादाबाद की जगह अब फतेहपुर सीकरी से उतारा गया है इमरान प्रतापगढ़ी राजबब्बर की जगह अब मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इसके साथ ही प्रदेश की बसपा सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर सीट से चुनाव लड़ेंगे इससे पहले पार्टी ने इन्दिरा भाटी को इस सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया था मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुँवर पटेल को बुन्देलखण्ड क्षेत्र की बांदा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है श्री पटेल ने कल पार्टा अध्यक्ष राहुल गॉधी की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी पूर्व सांसद प्रवीन एरन बरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे जबकि त्रिलोक दिवाकर का हाथरस प्रीता हरित को आगरा वीरेन्द्र कुमार वर्मा को हरदोई से और गिरीश चन्द्र पासी को कौशाम्बी संसदीय सीट से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है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

मुख्य निर्वाचन आधिकारी एल वेक्टेश्वर लू ने बताया कि दूसरे चरण में कुल तीन नामांकन दाखिल हुए हैं कल सहारनपुर से आप पार्टी के योगेश दहिया कांग्रेस के इमरान मसूद और निर्दलीय उम्मीदवार अमर बहादुर न नामांकन किया

वहीं मुजफ्फरनगर से यजपाल सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार अशोक ने मेरठ से बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब तथा यूडीएसएफ के राशिद एवं बागपत से सलीम अहमद ने भी नामांकन किया

आज तेईस मार्च और कल चौबीस मार्च को अवकाश होने के कारण नामांकन पर्चे दाखिल नहीं हो सकेंगे सोमवार पच्चीस मार्च को पहले चरण में नामांकन की अन्तिम तारोख है वहीं दूसरे चरण में छब्बीस मार्च तक नामांकन किये जा सकेंगे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबबर ने आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलायी

वहीं रालोद के पूर्व विधायक अनिल चौधरी अंकोला से ब्लाक प्रमुख ओमकार सिंह और ब्रजेश चाहर भी कांग्रेस में शामिल हो गये हैं

शहीदी दिवस पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये मऊ जिले में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले इन शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता जब भी आजादी की बात होगी तब इंकलाब का नारा देने वाले भारत माता के यह वीर सपूत याद किये जायेंगे जौनपुर में कलेक्ट्रट परिसर में स्थित क्राति स्तंभ पर शहीदी दिवस मनाया गया लोगों ने तीनों महान क्रातिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनका स्मरण करते हुए उन्हें प्रखर चिंतक असाधारण बुद्विजीवी क्रांतिकारी और कट्टर देशभक्त बताया

ट्वीटर पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विनिवेश से अस्सी हजार करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि लगभग पिच्यासी हजार करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं

इससे श्री ट्रम्प के राष्ट्रपति पद पर लगभग दो वर्षों तक छाया विवाद थम गया है

पुलवामा के सज्जाद खान को लालकिला के निकट लाजपतराय मार्केट से कल रात गिरफ्तार किया गया था मुदस्सिर ने सज्जाद को दिल्ली में आतंकी साजिश का काम सौंपा था